कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 झारखंड समेत देश के सभी राज्यों में कल से टीका उत्सव शुरू हो रहा है केंद्र सरकार के निर्देश पर चौदह अप्रैल तक सभी सरकारी और निजी कार्यस्थलों पर पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोनारोधी टीका लगाया जाएगा इसके लिए कार्यस्थल पर कम से कम एक सौ कर्मियों का होना अनिवार्य है इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी कर्मियों के लिए टीका लगाना अनिवार्य कर दिया है इधर झारखंड में टीका उत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जन को टीकाकरण सत्र के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं इधर देश कोविड टीकाकरण अभियान में महत्व्यूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है

इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड तीस लाख से अधिक हो गई है

राज्य में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है

इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूरे राज्य में रिकॉर्ड एक हजार नौ सौ पच्चीस कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दस हजार छह सौ चार हो चुकी है इस दौरान पांच सौ तिरपन मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जबकि सत्रह की मौत हो गई बीते एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से सात सौ चौवन पूर्वी सिंहभूम से दो सौ छप्पन धनबाद से चौरान्बे दुमका से सत्तर और कोडरमा से पैंसठ नए मामले सामने आए हैं

इनमें एक लाख बाइस हजार नौ सौ छत्तीस लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि इस वैश्विक महामारी की वजह से एक हजार एक सौ पचहतर लोगों की मौत हो चुकी है राज्य सरकार ने कोरोना संक्रणण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है रांची के लिए विनय क्मार चौबे धनबाद और देवघर के लिए अजय क्मार सिंह कोडरमा और रामगढ़ के लिए वंदना डाडेल पूर्वी सिंहमूम और सरायकेला खरसांवा के लिए हिमानी पांडेय लातेहार और लोहरदगा के लिए आराधना पटनायक पश्चिमी सिंहभुमम औ खुंटी के लिए राहल शर्मा बोकारो और गिरिडीह के लिए सुनील कुमार हजारीबाग और चतरा के लिए प्रजा सिंघल पाक्ड़ और साहेबगंज के लिए राजेश शर्मा पलामू और गढ़वा के लिए अबुबकर सिद्दीक ग्रमला और सिमडेगा के लिए प्रवीण कुमार टौप्पो दुमका जामताड़ा और गोड्डा के लिए प्रशांत कुमार नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं

दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के अब तक एक हजार आठ सौ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबकि तीन सौ से ज्यादा संक्रमितों की जांच रिपोर्ट आनी है इस वैश्विक महामारी से जिले में उन्नीस संक्रमितों की मौत हो चुकी है

बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इधर धनबाद जिले में कल चार कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई वहीं चौरानबे नए मामले भी सामने आए

रांची जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क चिकित्सीय सलाह देने की तैयारी जिला प्रशासन कर रही है इस सिलसिले में उपायुक्त के निर्देश पर डॉकटॉप एप्प तैयार किया गया है इस एप्प से सरकारी और निजी चिकित्सकों को जोड़ा जा रहा है पहले चरण में बीस चिकित्सकों के पैनल के साथ इस एप्प को एक सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा इसके बाद लोग सुबह दस से शाम पांच बजे तक इस एप्प के माध्यम से चिकित्सकों से अपनी बीमारी को लेकर ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं राज्य सरकार द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात्रि आठ बजे तक बंद करने के जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठा रही है एक ओर जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है वहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है

खाद्य प्रस्संकरण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान रेल योजना का विस्तार किया जाएगा क्षेत्रवार मांग को देखते हुए इसकी संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी इसके अलावा किराए में रियायत देने पर भी विचार किया जा रहा है श्री तोमर ने किसान रेल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए लाइफलाइन साबित होगी वहीं खाद्य प्रस्संकरण मंत्रालय को भी होगा उन्होंने बताया कि पिछले साल सात अगस्त से चालू हई किसान रेल योजना अबतक कुल चार सौ पचपन फेरे लगा चुकी है इसके माध्यम से लगभग पौने दो लाख टन कृषि उत्पादों की ढुलाई हो चुकी है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है मैट्रिक बोर्ड के लिए एक हजार चार सौ और इंटरमीडिएट के लिए सात सौ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग चार सौ बढ़ा दी गई है जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां के वीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सुचारू तरीके से परीक्षा का संचालन हो सके

सत्ताईस अप्रैल तक चलने वाली प्रायोगिक परीक्षा दो पालियों में हो रही है एक पाली में अधिकतम पंद्रह विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल किया जा रहा है इधर चार मई से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारियों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर ने संस्कृत अध्ययन के लिए लिटिल गुरु एप शुरू करने के लिए गैमअप स्पोर्ट सर्विस टैक्नीकल के साथ करार किया है लिटिल गुरु संस्कृत अध्यनन को सरल रोचक और मनोरंजक बनाएगा यह एप खेल और प्रतियोगिता आधारित आसान तरीके से संस्कृत सीखने के इच्छुक और संस्कृत सीख रहे लोगों को सहायता प्रदान करेगा पिछले पांच वर्षो के दौरान आईसीसीआर को संस्कृत में रुचि रखने वाले विदेशी नागरिकों के साथ साथ विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे थे बौद्ध जैन और कई अन्य धार्मिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत के अध्ययन के लिए ऐसे देशों की ओर से मांग रही है ये लिटिल गुरु एप संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले बहत्तर घंटे तक गर्जन के साथ बारिश होने का पुर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है इस दौरान कहीं कहीं वजपात भी हो सकती है रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के ऊपर बने टर्फलाइन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है तेरह अप्रैल से फिर तापमान में बढ़ोतरी होगा

उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में उनके शीघ्र स्व स्थत होने की कामना की है राज्यभर के सभी सिविल कोर्ट में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वर्चअल माध्यम से आयोजित इस लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलह योग्य मामलों का निष्पादन किया जा रहा है रांची में मामलों के निष्पादन के लिए संतावन बेंच बनाए गए हैं दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वजह से इस वर्ष वर्चअल माध्यम से कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करने का निर्णय लिया है इसके लिए इच्छ्क अभ्यर्थी तेरह अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं

परीक्षार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हर विषय की सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं